आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने कहा कि नई नीति जाने मामले शिक्षाविद् औ पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वप्ल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोश के अन्रूप् है

उन्होंने कहा कि बच्चे विशेष क्षमताओं से संपन्न होते है और संस्थागत मज़बूती के साथ उनकी संकल्प शक्ति को बल देने से उन्हें मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाया जा य्वाओं और उनके कौशल पर ध्यान केन्द्रित सकेगा प्रधानमंत्री ने करने की आवश्यक्ता पर बल देते हये कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल य्वाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है

आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और अलग माह होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के बारे समीक्षा की प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि विद्यार्थियों की भलाई देखना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि विदयार्थियों की बेहतरी और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हये साथ ही उनके शैक्षणिक हितों को भी नुकसान न पहुंचे इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जायेगा इन परीक्षाओं की तिथि की घोषणा स्थिति का जायज़ा लेने के बाद पहली जून को किया जायेगा

हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने आमजन से अपील की है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ पिछले दिनों हुई मुलाकात को लेकर द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार एकमात्र विषय नहीं था चर्चा का बल्कि बार्डर पर जो किसान बैठे है उनकों लेकर भी चर्चा हई और किसानों से बातचीत दोबारा श्रू हो उसको लेकर भी चर्चा हुई है उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि किसी वरिष्ठ मंत्री को इस टीम में और जोड़ कर किसान नेताओं के साथ चर्चा द्वबारा कराई जाये

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से लोकार्पण समारोह के बाद वेबिनार को संबोधित करते हए कहा कि भारत माता के महान सपूत डॉ बी आर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इन दो छात्रावासों का उद्घाटन कर उन्हें श्रद्वांजलि दी है उन्होंने विश्वविद्यालय की एक विवरण प्स्तिका का भी विमोचन किया शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेबिनार से ज्डे श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें आशा है कि इस संस्थान से पास होने वाले छात्र डॉ बी आर अंबेडकर दवारा दिखाई गई राह के अन्सार जीवन में शिक्षा का महत्व समझेंगे और समाज में अपना योगदान देंगे भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हए श्री मनोहर लाल ने कहा कि डॉ बी आर अंबेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसने हमें अनेकता में एकता की अमूल्य अवधारणा सिखाई है उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का उपहार दिया जिसमें गरीब अमीर स्त्री प्रुष छोटे और बड़े व्यापारी मजद्रों सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले हैं श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले छह वर्षों में राज्य सरकार ने कईं कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की हैं परिवार पहचान पत्र योजना श्रू की गई है जिसका उद्देश्य राज्य के सबसे गरीब एक लाख परिवारों की पहचान करना है और उनका आर्थिक उत्थान स्निश्चित करना है

पंचकला में नगर निगम पंचकला के मेयर कलभ्रष्ण गोयल ने डॉ अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सफाई मित्र सममान समारोह में नगर निगम की समस्त टीम व पार्षदों सहित लोगों का आभार प्रकट करते हये कहा कि उनके सहयोग से पंचकुला को साफ सुंदर बनाया जा रहा है

सिरसा में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा कि डॉ अम्बेडकर ने सदैव शोषित एंव पीड़ितों को समानता का अधिकार दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया बल्लभगढ़ में अम्बेडकर जयंती पर बोलते हये परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि जब तक इस धरती पर मानव जीवन रहेगा तक बाबा अम्डेकर की नाम रहेगा फतेहबाद के अम्बेडकर जयंती पर उपायुक्त डा नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि डॉ अम्बेडकर समाज सुधारक राजनीतिज्ञ वकील लेखक चिंतक दार्शनिक भारत के पहले कानून मंत्री महिलाओं के जीवन दाता और महान विचार धारक थे फतेहाबाद मे बीजेपी कार्यलय में अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रमय में लोकसभा सीट की सांसद सुनीता द्ग्गल और रतिया फतेहाबाद के दो विधायकों ने भी भाग लिया भिवानी में अम्बेडकर जयंती पर उपायुक्त राहुल नरवाल ने भिवानी के अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों का डॉ अम्बेडकर के जीवन के बारे अवगत करवाया भिवानी में ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया

ग्रूग्राम के परिवहन एवं खननन मंत्री मूल चंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में टीकाकरण उत्सव की श्रूआत करते हये कहा कि देश और प्रदेश की जनता बढ़चढ़कर कोरोना टीकाकरण करवायें और इस अभियान को एक उत्सव के रूप में मनायें आज बल्लभगढ़ के सीताराम मंदिर में टीकाकरण उत्सव कार्यक्रम रखा गया जिसमें बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल से डाक्टरों की टीम मौजूद रही पंचकूलावासियों का पाईप लाईन के माध्यम से रसोई गैस का सपना जल्द ही प्रा होगा आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने सब्जी मंडी मैदान में नेच्रल गैस पाईप लाईन का विधिवत शिलांन्यास किया इस गैस पाईप लाईन बिछाने का कार्य इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राईवेट लिमिटिड दवारा किया जायेगा